जयपुर जिला प्रशासन की ओर से सुशासन के लिये जनसंवाद कार्यक्रम आज से शुरू

आज मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की संविधान पीठ में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई अधिवक्ता राजीव रंजन ने संविधान पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित अधिवक्ता की हैसियत से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से इस मामले में पेश हो चुके है ऐसी स्थिति में उन्हें मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिये इसके बाद न्यायमूर्ति ललित ने सुनवाई से हटने की घोषणा कर दी अब इस मामले की सुनवाई के लिये नई संविधान पीठ का गठन किया जायेगा

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

विधेयक पर राज्यसभा में दस घंटे तक चली बहस का उत्तर देते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि विधेयक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि विधेयक का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सशक्त बनाना है श्री थवरचंद गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आरक्षण से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्ग के मौजूदा कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह कानून युवा वर्ग को अपना कौशल दिखाने और देश का स्वरूप बदलने की दिशा में योगदान के व्यापक अवसर सुनिश्चित करेगा

उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में पांच विधेयक पेश किये गए और चार पारित हुए

एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जायेगा

वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दो मंत्री समुहों की सिफारिशों तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है मंत्री समूह ने सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए छूट की सीमा पर सिफारिशे दी हैं

इस दौरान वे स्थानीय सरपंच जन प्रतिनिधियों और आम जनता से संवाद कर ग्राम पंचायत क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं और परिवेदनाओं को दर्ज करेंगे उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारियों के साथ सम्बंधित पंचायत समितियों के विकास अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इसके अलावा आवश्यकतानुसार क्षेत्र से सम्बंधित अन्य विभागों के अधिकारियों को भी जोड़ा जा सकेगा

पचपदरा में पॉली प्रोपीलीन की दो यूनिट स्थापित किये जाने का काम शुरू हो गया है

इनके अलावा दो रोगी जैसलमेर के और एक बाड़मेर जिले का है इनमें दस महिलाएं सात पुरुष और एक बालक शामिल है इधर जिले में स्वाइन फ्लू के लक्षणों और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है

इस कारण ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया

इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राष्ट्र गान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया